प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम यानि पूरा विश्व एक परिवार में विश्वास करने वाला देश है और दाउदी बोहरा समुदाय इसकी वास्तविक मिसाल है श्री मोदी आज इंदौर में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद में दाउदी बोहरा समुदाय द्वारा आयोजित अश्रा ए मुबारकां कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि भारतोय समाज और इसकी विरासत दुनिया में सबसे अलग पहचान रखता है पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले वसुधैव कुटुंबकम हम वो लोग जो सबको साथ लेकर चलने की परंपरा को जी करके दिखाने वाले लोग हमारे समाज की हमारे विरासत की यही शक्ति है जो हमें दुनिया के द्सरे देशों से अलग पहचान पैदा करती है श्री मोदी ने बोहरा समुदाय के देश के प्रति योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीयों को अपने अतीत पर गर्व है वर्तमान में विश्वास है और उज्ज्वल भविष्य के लिए आत्मविश्वास है हमें अपने अतीत पर गर्व है वर्तमान पर विश्वास है और उज्ज्वल भविष्य का आत्मविश्वास के साथ संकल्प भी है शांति सदभाव सत्याग्रह और राष्ट्रभक्ति के प्रति बोहरा समाज की भूमिका हमेशा हमेशा महत्वपूर्ण रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन का जीवन अनुकरणीय है शांति और न्याय के लिए किया गया उनका संघर्ष सदैव याद रखा जायेगा आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत अभियान जैसी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान योजना देश के पचास करोड़ गरीब लोगों के लिए वरदान है

दिल्ली के विज्ञान भवन में आयाजित समारोह में उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने विभिन्न विभागों मंत्रालयों और कार्यालयों के प्रमुखों को हिंदी को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किये इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि हिन्दी के बगर हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाना संभव नहीं श्री नायडू ने कहा कि सबको अपनी मातृभाषा से प्रेम होना चाहिए कोई भी अपना देश भाषाओं को प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है सभी भाषा सीखना चाहिए बोलना चाहिए मगर सबसे पहले मातृभाषा भारतीय भाषा अपना भाषा सीखना चाहिए अपना भाषा बोलना चाहिए समारोह की अध्यक्षता करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिन्दी देश को जोड़ती है

हिन्दी दिवस के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न सरकारी कार्यालयों शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में संगोष्ठियों निबंध और आलेखन प्रतियोगिताओं तथा कवि गोष्ठियों का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिन्दी दिवस के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह ऐसा अवसर है जो हमें अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का बोध कराता है अपने संदेश में उन्होंने कहा कि तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में हिन्दी के अधिक से अधिक इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी का स्वाभाविक विकास हो और वह अपनी मातृ भाषा में सोचने और समझने की क्षमता विकसित कर सकें इस अवसर पर आकाशवाणी लखनऊ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिन्दी गीतों की संगीतमय प्रस्तुति की गई कार्यक्रम में केन्द्र निदेशक पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि आकाशवाणी ने हिन्दी को जन जन की भाषा बनाने में अहम भूमिका निभाई है आज भी शुद्ध हिन्दी के मानक के रूप में आकाशवाणी कार्यक्रमों की मिसाल पेश की जाती है हिन्दी दिवस कार्यक्रम से ही हिन्दी पखवाड़े की श्रूआत हो गई है इस पखवाड़े में आकाशवाणी द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि भाजपा की केन्द्र और राज्य सरकार गरीबों और किसानों की ख्शहाली के लिए निरन्तर काम कर रही है वह आज लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे श्री शर्मा ने भीम आर्मी चीफ चन्द्रशेखर रावण की रिहाई के बारे में पूछे गये एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार संवेदनशील है तथा उसने चन्द्रशेखर की माँ के प्रतिवेदन पर यह फैसला किया है विपक्षी दलों की आलोचना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है जो लोग भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं उन्हें पार्टी के कार्यो को भी देखना चाहिए श्री शर्मा ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य भारत को विश्व गुरू के रूप में स्थापित करना है और इस दिशा में वह प्रयासरत है केन्द्र ने उत्तर प्रदेश के लिए एक अरब सत्तावन करोड़ तेईस लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता को मंज्री दी है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

थोक मूल्यों पर आधारित अगस्त की महंगाई दर चार महीने के न्यूनतम स्तर चार दशमलव पांच तीन प्रतिशत हो गई है खाद्य वस्तुओं विशेषकर सब्जी की कीमत में कमी के कारण ऐसा हुआ है सरकारी आकड़ों के अनुसार अगस्त में खाद्य वस्तुएं सस्ती हुई इस दौरान दालें भी सस्ती हुई उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दहेज उत्पीड़न का मामला पंजीकत होने के फौरन बाद पीड़ित महिला के पति और ससुरालियों की गिरफ्तारी की जा सकेगी मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ ने शीर्ष अदालत द्वारा पूर्व में दिये गये फसले में संशोधन करते हुए परिजनों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा खत्म कर दी है न्यायालय ने कहा है कि पीड़ित की सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है हालांकि अदालत ने आरोपियों के लिये अग्रिम जमानत का विकल्प खुला रखा है पिछली सत्ताईस जुलाई को न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने दहेज उत्पीड़न निरोधक कानून के दुरूपयोग की शिकायतों को देखते हुए ऐसे मामलों में पति या ससुराल वालों की तत्काल गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी थी न्यायमूर्ति रंजन गोगोई देश क अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे वह आगामी तीन अक्टूबर को पद की शपथ लेंगे और अगले साल सत्रह नवम्बर तक इस पद पर रहेंगे वह मौजूदा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की जगह लेंगे जो दो अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं